इस ऑनलाईन प्रणाली के शुरू हो जाने से अब प्रदेश के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस पंजीकरण प्रणाम पत्र वाहन की पासिंग आरसी और परमिट जैसे कार्यो के लिए विभाग के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि पिछले कुछ वर्षों से तकनीक ने हमारे जीवन को परिवर्तित किया है और कोरोना काल के दौरान तकनीक के उपयोग से आवश्यक सेवाएं बिना किसी बाधा के सुनिश्चित हुई उन्होंने कहा कि अभी तक ई परिवहन सुविधा शिमला व कांगड़ा जिलों में पायलट आधार पर चल रही थी ये योजना लोगों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण साबित हुई है

इसके अलावा पिछले सत्र की भांति बजट सत्र में भी दर्शकों के आने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी

अधिकांश प्रश्न बढती महंगाई बेरोजगारी सडकों की स्थिति शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थाओं में रिक्त पदों पर्यटन परिवहन प्रणाली और सौर ऊर्जा को लेकर पूछे गये है विपिन परमार इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सभी दलों से बजट सत्र के दौरान रचनात्मक सहयोग की अपील की है आज विधानसभा सचिवालय में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों को अपनी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा उन्होंने सदस्यों से जनहित के मुद्दे उठाने की अपील की इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा और माकपा विधायक राकेश सिंघा ने हिस्सा लिया मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए विपक्ष हरसंभव विकल्पों का इस्तेमाल करेगा ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके अग्निहोत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष बजट सत्र के दौरान महंगाई फिजूल खर्ची प्रदेश पर बढते कर्ज के बोझ भ्रष्टाचार अवैध खनन अपराध फर्जी डिग्री कांड कोरोना महामारी से सफलता पूर्वक न निपट पाना और भर्तियों में धांधली के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार लगातार फिजूल खर्ची कर रही है और जनता पर बोझ डाला जा रहा है उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने कर्मचारियों से किया एक भी वायदा पूरा नहीं किया है

बजट महापौर सत्या कौडंल ने पेश किया अगले वित्त वर्ष के बजट में नगर निगम ने शहर में शराब पर सैस दो रूपये से बढ़ाकर पांच रूपये प्रति बोतल कर दिया है

इन करों के बढने से शहर की जनता पर महंगाई की मार और बढ जाऐगी